मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में साहसिक खेलों की हैं अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्कीइंग खेलों का शुभारम्भ करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में एडवेंचर खेलों के लिए आपार संभावनाएं है एडवेंचर खेलों को बढावा देने के लिए राज्य में एडवेंचर विभाग स्थापित किया जाएगा और मार्च में एडवेंचर समिट का आयोजन भी किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से विगत तीन वर्षो में प्रदेश सरकार द्वारा नए पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं और राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए पर्यटक स्थलों में आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को एडवेंचर खेलों में अच्छा प्रशिक्षण मिल सके इसके लिए बाहर से अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्थाए भी की जा रही है इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड को विंटर डेस्टिनेशन बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है इसके तहत औली में आधुनिक संसाधन जुटाए जा रहे है और भविष्य में औली से गोरसों तक लिफ्ट की व्यवस्था भी की जाएगी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद और स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन आफ उत्तराखंड की ओर से औली में नेशनल स्कीइंग चौंपियनशिप आयोजित की जा रही है

स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज आयुर्वेद विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान की ओर से संयुक्त रुप से आयोजित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया राज्यपाल ने एनआईवीएच संस्था में छोटे बच्चों को स्वर्ण प्राशन औषधि की ब्रंदे पिलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस अवसर पर हेलन केलर पार्क और अष्टावक्र सभागार सहित संस्थान के कैलेण्डर पुस्तकों ब्रेललिपि में बनाये गये नक्शों का विमोचन भी किया गया राज्यपाल ने कहा कि स्वर्ण प्राशन संस्कार का उद्देश्य बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एक प्राचीन शास्त्र है और स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेद पद्दति है राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को कहा कि हेलन केलर और अष्टावक्र के जीवन संघर्षों से सीख लेनी चाहिये और विपरीत परिस्थितियों पर विजय हासिल करनी चाहिये इस अवसर पर राज्यपाल ने आयुर्वेद चिकित्सा शिविर गौशाला और दिव्यांग हाट का उद्घाटन भी किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून के हिम ज्योति स्कूल में बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा खिला कर राष्ट्रीय कुमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

इस कार्यक्रम में स्कूलों की बहत बड़ी भूमिका रहेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा राष्ट्रीय क़मि मुक्ति दिवस के माध्यम से प्रदेश भर के सभी सरकारी और निजी स्क़ूलों में कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन देशभर के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी में फरवरी माह में किया जाता है

इसमें सभी चयनित गांवों के ग्राम प्रधानों खंड विकास अधिकारियों वीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने भाग लिया केन्द्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत इन सभी ग्राम पंचायतों का समग्र विकास किया जाना है

इसके साथ ही योजना में आजीविका और कौशल विकास के तहत स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना की मॉनिटेरिंग केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है बर्ड वाचिंग राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और इको टूरिज्म विकसित करने पर काम किया जा रहा है इस सिलसिले में रामनगर के चूनाखान में आज से छठे स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल की शुरूआत हुई इस अवसर पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इको टूरिज्म के बिना पर्यटन की कल्पना भी नहीं की जा सकती चिड़ियों का संसार देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी यहां जुट रहे हैं प्रदेश में जंगली चिड़ियों के साथ हिमालयी चिड़ियों को देखने के लिये लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है उड़ान हैली सेवा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज उड़ान योजना के तहत देहरादून के सहस्त्रधारा हैलीपैड से चमोली के गौचर और उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के लिए हैली सेवा का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हैली सेवा के शुरू होने से दूरस्थ क्षेत्रों को अधिक लाभ मिलेगा और यह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के समय यह सेवा बहुत ही लाभकारी होगी प्रदेश सरकार की कोशिश है कि इसी प्रकार अन्य जिलों को भी हैली सेवा के माध्यम से जोड़ा जाए इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में एअर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई हवाई पट्टियों को भी विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है

भूकम्प बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आज सुबह भुकम्प के झटके महसूस किये गये

बागेश्वर जिले के तहसील दुगनाकुरी में भूकंप से एक दोमंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया जिसमें एक महिला और एक लड़की घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है

लेकिन रक्षा प्रदर्शनी कल दोपहर बाद तक आम जनता के लिए खुली रहेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ं रक्षा प्रदर्शनी के समापन सत्र की अध्यक्षता की कल तीसरे दिन दो सौ से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और कई रक्षा उत्पाद जारी किए गए रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नाइक ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया और यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ आयोजन रहा रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि सरकार रक्षा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर तेजी से कार्य कर रही है कोरोना वायरस कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में सतर्कता बरते जाने के बाद बागेश्वर जिला अस्पताल ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने एक विशेष वार्ड बनाया है सीएमओ ने डॉक्टरों को विशेष तौर पर सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है संक्रमण प्रभावित देशों से आने वाले पर्यटकों पर निगरानी के लिए जिले की सीमा पर पुलिस को सर्तक किया गया है कि वह इसकी सूचना तत्काल आपदा कंट्रोल में दें कोरोना वायरस के मरीजों में आमतौर पर जुकाम खांसी गले में दर्द सांस लेने में दिक्कत बुखार जैसे शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं इसके बाद ये लक्षण न्यूमोनिया में बदल जाते हैं और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं इसमें फेफड़े में गंभीर किस्म का संक्रमण होता है लापरवाही बरतने और गंभीर स्थिति में इससे मौत भी हो सकती है

यह सभी यात्री उत्तरकाशी जा रहे थे और भारी बर्फबारी और पाला जमने से उनका वाहन फंस गया था